मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली में इंडिया गेट के मैदान पर होगा जिसमें रक्षा मंत्री निर्मेला सीतारमण मौजूद रहेंगी

इसके बाद सशस्त्र बलो के साहस को विभिन्न चित्रो और फिल्मों के जरिये प्रदर्शित किया जायेगा इधर आकाशवाणी जयपुर से आज पराकम पर्व पर एक विशेष कार्यकम शौर्य को सलाम का सीधा प्रसारण राज्य के सभी केन्द्रों से एक साथ किया गया

कार्यक्रम में देशभक्ति और सेनाओं के वीर जवानों के साहस से जुड़े संदेश तथा गानों का प्रसारण किया गया

इसके बाद उन्होंने सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया इस अवसर पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष मौजूद थे श्री मोदी जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर आयोजित एकीकृत सैन्य कमांडरों की कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं काँफें स में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हुए है

प्रदेश में भी मेडिकल स्टोर बंद है इघर मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकारी अस्पतालों में आज मेडिकल स्टोर दो घंटे अधिक खुलेंगे राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने बताया कि दोपहर में दो बजे के स्थान पर शाम चार बजे तक द्कानें खुली रहेंगी

सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार और प्रशासक कॉनफैड नीरज के पवन ने ये जानकारी दी

सभी स्कूलो में जयपुर में स्थापित ई स्टूडियो के माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी जिसकी स्थापना हाल ही में तीन करोड़ रुपए की लागत से की गई है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भगत सिंह को श्रद्वाजंलि दी है उन्होंने ट्वीट पर एक संदेश में कहा कि लाखों देशवासी भगत सिंह बलिदान से प्रेरित होते रहे है और वे भी भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उनके योगदान को स्मरण कर रहे है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी भगत सिंह को श्रद्धाजंलि देते हुए कहा है कि मगत सिंह को कोटि कोटि नमन आज देश को उनके जैसे जोश और उमंग से मरे यूवाओं की आवश्यकता है

यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन चलेगी श्री शर्मा ने इस अवसर पर शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी और महिला और बाल विकास मंत्री अनिता मदेल के साथ रेलवे स्टेशन पर बनाये गए वातानुकूलित प्रतीक्षालय एस्केलेटर और लिफ्ट का लोकार्पण भी किया

राजगढ़ में शराब के ट्रक को तीन लाख रूपये रिश्वत लेकर छोडने के मामले मेँ पुलिस अधीक्षक ने ये कार्रवाई की है